मंडी जिले के बालीचौकी में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने ये बात कही

इस बीच मुख्यमंत्री आज मंडी में जिले के भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे

लोग नमो ऐप या माई गोव ओपन फोरम में अपने विचार साझा कर सकते हैं वे टोल फ्री नंबर एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर भी डायल कर सकते हैं और अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड कर सकते हैं प्रतियोगिता अखिल भारतीय डाक बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से धर्मशाला में शुरू होगी

एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद एक महिला की मृत्यु से संबंधित खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है अमर उजाला की सुर्खी है वैक्सीनेशन के बाद बीमार हुई आंगनबाड़ी सहायिका की मौत जांच कमेटी गठित पंजाब केसरी के शब्द हैं कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद बिगड़ी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की तबीयत मौत दिव्य हिमाचल का शीर्षक है कोरोना टीके के बाद बीमार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की मौत आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट में होगा कारणों का खुलासा

आपका फैसला के मुताबिक हमीरपुर जिले की रहने वाली थी महिला टांडा से शिमला किया गया था शिफ्ट दैनिक जागरण ने प्रदेश हाईकोर्ट के हवाले से सुर्खी दी है अंतरजातीय विवाह का विरोध आध्यात्मिक व धार्मिक अज्ञानता का नतीजा इसी समाचार पत्र के अनुसार वायु प्रदूषण के कारण हिमाचल में एक साल में दस हजार से अधिक की मौत आयुर्वेद खरीद घोटाले की टुकड़ों में जांच उठे सवाल शीर्षक से हिमाचल दस्तक लिखता है खरीद कमेटी के तीन डाक्टरों की जांच रिपोर्ट विभाग को मिली पंजाब केसरी ने मुख्यमंत्री के बयान को सुर्खी दी है अब चाहे कोरोना आए या जाए विकास नहीं रूकेगा अमर उजाला की एक खबर है महिला पंचायत प्रधानों के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकेंगे पति विभाग के कड़े आदेश इसी समाचार पत्र ने लिखा है उदयपुर में हिमखंड गिरने से दो मार्ग बंद वाहन भी फंसे